श्री नाईक ने लखनऊ स्थित राजभवन में आयोजित क़लपति सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि विष्वविद्यालयों की उपलब्धियां समाज के समक्ष आनी चाहिए उन्होंने कहा कि प्रदेष में उच्च षिक्षा को नया आयाम मिल रहा है और इसमें मौलिक बदलाव हुए हैं श्री नाईक ने कहा कि पिछले चार वर्शो में विष्वविद्यालयों के षैक्षिक सत्र नियमित हो गये हैं लेकिन अब भी विष्वविद्यालयों में सुधार की गुंजाइष है उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम रोजगारपरक हो इस बारे में भी गहन विचार करना चाहिए राज्यपाल ने कुलपतियों का आहवान किया कि वह देष के षीर्श सौ विष्वविद्यालयों में प्रदेष के विष्वविद्यालयों को षामिल कराने के लिए प्रभावी कदम उठायें प्रदेश में भीशण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है और राज्य के अधिकतर हिस्सों में तापमान चालीस डिग्री सेल्सियस के ऊपर बना हआ है पिछले छत्तीस घंटों के दौरान बांदा प्रदेष का सबसे गर्म स्थान रहा वहां अधिकतम तापमान अड़तालिस डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया वहीं इलाहाबाद और झांसी में सैंतालिस डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान रिकार्ड किया गया हमारे संवाददाता ने बताया है कि शुष्क हवा और बढ़ते पारे ने राज्य में लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता सेः लोगों को बेहद गर्मी का सामना करना पड़ रहा है

जो सामान्य से चार डिग्री ऊपर है ऊंचे तापमान ने यहां पानी की समस्या को और गंभीर कर दिया है लोगों को काफी दूर स्थानों से पानी लाना पड़ रहा है लोग गर्मी से बचने को लिए अपने अपने तरह से उपाय करते दिख रहे हैं आम का पन्ना लस्सी और कोल्ड ड्डिंक की द्वकानों पर काफी भीड़ देखी जा रही है आकाशवाणी समाचार के लिए लखनऊ से मैं मुल्तान सिंह यादव प्रदेश के इटावा जिले में आज रेल दुर्घटना में चार यात्री मारे गये और छह घायल हो गये दुर्घटना उस समय हई जब बांद्रा जाने वाली अवध एक्सप्रेस बलरई स्टेशन पर रूकी हई थी यात्री उतकर पटरी पर खड़े थे तभी सामने से राजधानी एक्सप्रैस आ गई घायलों को सैफई और ट्रंडला के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और अधिकारियों से घायलों के लिए बेहतर उपचार उपलब्ध कराने को कहा है राज्य सरकार ने प्रषासनिक फेरबदल के तहत दो मण्डलायुक्तों और सात ज़िलाधिकारियों सहित सत्रह आई एएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है नगर विकास विभाग में सचिव संजय कुमार को सहारनपुर का मण्डलायुक्त और माध्यमिक षिक्षा विभाग में सचिव के पद पर तैनात कनक त्रिपाठी को आजमगढ़ का मण्डलायुक्त बनाया गया है मुख्यमंत्री के विषेश सचिव आदर्ष सिंह को बाराबंकी का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है जबकि सी इन्दुमती सुल्तानपुर चन्द्रविजय सिंह फिरोजाबाद राकेष कुमार मिश्रा द्वितीय अम्बेडकरनगर नागेन्द्र प्रसाद सिंह आजमगढ़ षेशमणि त्रिपाठी चित्रकूट और ओमप्रकाष आर्य सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी बनाये गये हैं जाने माने फिल्म और रंगमंच अभिनेता और लेखक गिरीश कर्नाड का आज सुबह बेंगलूरू में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया वे इक्यासी वर्ष के थे उन्नीस सौ इकसठ में प्रकाशित नाटक ययाति से चर्चा में आए कर्नाड को फिल्म और रंगमंच अभिनेता और निर्देशक और एक लेखक के रूप में अपार ख्याति मिली उन्हें साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ कालीदास सम्मान पदमश्री और पदमभूषण जैसे सम्मानों से नवाजा गया गिरीश कर्नाड के निधन पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सूचना और प्रसारण मंत्री और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सहित कई प्रमुख लोगों ने गहरा शोक व्यक्त किया है स्वाधीनता संग्राम सेनानी समाजवादी नेता और पूर्व सांसद स्वर्गीय गौरीषंकर राय की छियानबेवीं जयंती आज बलिया जिले के उनके पैतुक गांव करनई में मनायी गयी इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए बलिया के सांसद वीरेन्द्र सिंह मस्त ने कहा कि स्वर्गीय गौरी षंकर राय अपने समय में सदन तथा सदन से बाहर भी खेती तथा ग्रामीण विकास को लेकर संघर्शरत रहे उन्होंने कहा कि स्वर्गीय राय के कृशि और ग्रामीण विकास से जुड़े विचार आज भी प्रासंगिक हैं इस अवसर पर प्रदेष सरकार के पूर्व मंत्री नारद राय ने भी कार्यक्रम को सम्बोधित किया कार्यक्रम की अध्यक्षता पंडित रामविचार पाण्डेय ने किया तथा श्री वीरेन्द्र राय ने अतिथियों का धन्यवाद् ज्ञापन किया अमरोहा जिले के गजरौला थाना क्षेत्र में गंगा नदी मे नहाने के दौरान आज दोपहर सात युवक डूब गये इनमें से चार युवकों की मौत हो गयी जबकि एक युवक को गोताखोरों ने बचा लिया नदी में डूबे दो अन्य युवकों की तलांष जारी है पुलिस सुत्रों ने बताया कि जिले के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के लोहारी खादर गांव का एक परिवार मुण्डन संस्कार में हिस्सा लेने के लिये घाट पर गया हुआ था मुण्डन के बाद परिवार के दो युवक गंगा नदी में नहाने गये और डूबने लगे अन्य पांच युवकों ने उन्हें बचाने के लिये पानी में छलांग लगायी तो वह भी गंगा की तेज धारा की चपेट में आ गये मथुरा जिले के सुरीर क्षेत्र में आज एक तेज रफ्तार कार की चपेट में आ जाने से चार लोगों की मौत हो गयी जबकि तीन अन्य गम्भीर रूप से घायल हो गये घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है